अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से किया है

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इन मजदूरो में लॉकडाउन के कारण जिले में लौटे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं

मुरैना जिले के लिये आज राहत की खबर रही

बाढ़ प्रशिक्षण सतना जिले में मानसून का समय नजदीक आते ही होमगार्ड के दस्ते ने बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है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

उसके बाद मास्क पहना होगा

वहीं काउंसिंलिंग कर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया